अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा बालिकाओं और महिलाओं में एनिमिया की समस्या दूर करना सरकार का लक्ष्य है प्रदेश में आज बदला मौसम का मिजाजकई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई बागेश्वर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे व्यवसायियों के लिए तरक्की की राह खोली स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिला

पीठ ने यह आग्रह स्वीकार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरु करने के आदेश दिये हैं

अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर देहरादून के एक इन्टर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही कार्यक्रम में बालिकाओं को पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बताया गया कार्यक्रम में बालिकाओं को पौष्टिक आहार के पैकेट और सैनेटरी पैड वितरित किये इसके अलावा बालिकाओं की सुविधा के लिये एक ऐसी सैनेटरी पैड वेंडिंग मशीन कॉलेज की प्रधानाध्यापक को भेंट की गई जिसमें बालिकायें एक सिक्का डालकर पैड निकाल सकेंगी स्लग अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस रुद्रपुर रुद्रपुर में अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल ने बेटियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करती हैं क्योंकि वो दफ्तर के काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी निभाती हैं उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा की अहमियत बताते हए कहा कि घर में महिला पढ़ी लिखी होती है तो सारा परिवार शिक्षित होता है इस मौके पर उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को महिला हेल्प लाइन और चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर सभी स्कूलों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये स्लग टम्टा कोश्यारी केन्द्रीय वस्त्र राज्यमंत्री अजय टम्टा और सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने नई दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के जल्द निर्माण का अनुरोध किया है श्री टम्टा का कहना है कि अल्मोड़ा की जनता कई दशकों से टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के निर्माण की मांग कर रही है

इन रेल लाइनों में टनकपुर बागेश्वर जौलजीबी के अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग सहित सभी रेल लाईनों को केन्द्र ने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में ले लिया है श्री टम्टा ने सीमान्त क्षेत्र की जनता के हित में टनकपुर बागेश्वर रेल लाईन को जल्द बनवाने का अनुरोध किया

स्वामी सानंद गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर एक सौ ग्यारह दिनों से तप कर रहे थे नौ अक्टूबर से उन्होंने जल भी त्याग दिया था स्वास्थ्य बिगड़ने पर हरिद्वार प्रशासन ने उन्हें ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराया था जहां पर आज उन्होंने अंतिम सांस ली

राज्य के निचले इलाकों में आज बारिश हई है जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की खबर है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही बादल छाये रहे राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश भी हई शीतलहर चलने से लोग सिर्फ जरूरी कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकले बागेश्वर में पिंडर घाटी में मौसम का पहला हिमपात होने की खबर है वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम चमोली जिले में बदरीनाथ तुंगनाथ हेमकुंड रुद्रनाथ रूपकुंड सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई

बागेश्वर जिले के कई लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है कुछ लोगों ने अपना काम शुरू किया तो कुछ व्यापारियों ने अपने काम को बढ़ाया है बागेश्वर के रहने वाले केदार सिंह का कहना है कि वो कपड़ों की दुकान में नौकरी करते थे तन्ख्वाह ज्यादा न होने से घर खर्च चलाना मुश्किल होता था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उन्होंने लोन लिया और अपनी खुद की कपड़ों की दुकान खोली आज उनकी आमदनी पहले से बेहतर हो गई है हार्डवेयर और पेंट की द्वान चलाने वाले कैलाश पांडे का कहना है कि वैरायटी न होने के कारण उनको व्यापार में घाटा हो रहा था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चलने पर उन्होंने बिना किसी परेशानी के बैंक से लोन लिया और दुकान का काम बढ़ाया

फोटोग्राफी का काम करने वाले कैलाश तिवारी का अनुभव भी बहत अच्छा रहा

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को उचित ब्याज दर पर लोन मुहैया करवाया जा रहा है मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलने पर बेरोजगार और गरीब तबके के लोगों को फायदा हुआ है स्लग ब्रोचर विमोचन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आज के समय में पब्लिक रिलेशन का महत्व बढ़ गया है उन्होंने कहा कि सरकार की जनहित की योजनाओं को सरल भाषा में आमजन तक पहुंचाया जाना चाहिए पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात के दौरान श्री रावत ने बताया कि राज्य सरकार ऑर्गैनिक खेती हर्बल ऐरोमा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है उन्होंने बताया कि पलायन को रोकने के लिए भी राज्य सरकार कारगर प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों मे स्वास्थ्य शिक्षा सड़कों की स्थिति में काफी तेजी से सुधार हुआ है